राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है राज्यपाल आज पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार लखनऊ द्वारा आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल विषयक एक वेबिनार में बोल रही थी उन्होंने कहा कि भारत जिस एकता के सूत्र में बंधा हुआ है उसका श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है उन्होंने कहा कि इस महान प्रयास के कारण ही आज देश एक बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व में पहचान बनाये हुए हैं

एक अन्य कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विश्व जूडो दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में ब्लैक बैल्ट का वितरण किया उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बेटियों को इस तरह के खेलों का प्रशिक्षण लेकर स्वयं को सशक्त बनाने और हर परिस्थिति में मुकाबला करने की क्षमता हासिल करनी चाहिये उन्होंने आज प्रयागराज में इलाहाबाद संग्रहालय की आर्ट गैलरी का भी ऑन लाइन शुभारम्भ किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है

आज नई दिल्लो में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षामंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है श्री सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता की चुनौतियों से निपटने में सफल रही है रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवाद उग्रवाद और बाहरी हमलों के खतरों से निपटने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई है

उन्होंने कहा कि आकांक्षा सिंह की सफलता उन परिवारों को संदेश देती है जो लोग बालक बालिकाओं में भेद करते हैं इस अवसर पर उन्होंने कुमारी आकांक्षा सिंह की यूजी की पढ़ाई के सभी खर्चों की सरकार द्वारा व्यवस्था करने की घोषणा की आकांक्षा सिंह के घर तक जाने वाली सड़क को भी ठीक कराने के निर्देश दिये

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल है और यह लाइब्रेरी उच्च शिक्षा की सीमाओं को व्यापक स्तर पर मजबूत करेगी उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र पाठ्य सामग्री महगी होने के कारण खरीदने में असमर्थ होते हैं इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनकी इस समस्या का समाधान हो सकेगा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

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आरटीपीसीआर और एनटीजन परीक्षण सुनिश्चित किये जाये उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिये आने वाले सभी गंभीर मरीजों का कोविड टेस्ट सुनिश्चित किया जाये आदेश में बंदीग़हों में रहने वाले वृद्वाश्रम बाल सुधार गृह और नारी निकेतन में रहने वाले लोगों की नियमित जांच कराने के लिये कहा गया है निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और कई देशों ओर राज्यों में कोविड का द्सरा उछाल देखा जा रहा है इस संबंध में जागरूक और सतर्क रहने के संदेश को लोगों के बीच प्रचारित प्रसारित किया जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है

पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व को पहली नबंवर से जनता के लिये खोल दिया जायेगा इस संबंध में पर्यटन सत्र को खास बनाने के लिए अभी से तैयारियां तेजी से चल रहीं हैं हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट चूका पिकनिक और बाइफरकेशन सबको भाता है पीटीआर स्वागत को आतुर पीलीभीत बुलाता है पर्यटन गीत की इन लाइनों के साथ टाइगर रिजर्व नए लुक में पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है

साथ ही साथ महोफ में एनआईसी डवलप किया गया है जिससे लोग वन्य जीव एवं वनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर पूरनपुर और गोमती सहित पांच ब्रकिंग केंद्रों से सफारी गाड़ियां जंगल की सैर के लिए मिलेंगी शारदा सागर जलाशय में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के साथ विदेशी मेहमान पक्षियों की कलरव सचमुच मंत्रमुग्ध कर देगी फार्म हाउसों पर पर्यटकों का होम स्टे शुरू होने से प्रधानमंत्री का लोकल फॉर वोकल का सपना भी साकार होगा

उन्होंने बताया कि रामायण में निहित मानव और सामाजिक मूल्यों के व्यापक पचार प्रसार के लिये महर्षि बाल्मीकि से संबंधित स्थलों और मंदिरों पर बाल्मीकि रामायण का पाठ करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है संस्कृति और सूचना विभाग से संबंधित कलाकार और अधिकारी कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे अमरोहा जिले की नौगावां विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर दिव्यांग एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के पोस्टल बैलेट से मतदान आज से शुरू हुआ इन दो दिन मतदान टीमें घर घर जाकर मतदान कराएंगी

एडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी एक प्रथम मतदान अधिकारी और दो पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं